प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह दस बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे वे इस बारे में घोषणा कर सकते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढाई जाये या नही श्री मोदी ने शनिवार को विडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ चचा की थी

प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसा लगता है कि राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर आम सहमति बन गई है प्रधानमंत्री ने बीस मार्च और दो अप्रैल को भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी हो चर्चा की थी

प्रधानमंत्री ने आठ अप्रैल को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी चर्चा की थी

श्री जावडकर ने कहा कि मीडिया के लोग भी डॉक्टर नर्स पुलिस और सेनेटाइज करने वाले कार्यकर्ताओं की तरह अगली पंक्ति के योद्वा हैं

उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सालयों में पूरी सुरक्षा और सर्तकता अपनाते हुए आपातकालीन सेवाओं को बहाल किया जाए

इन क्षेत्रों में डोर स्टेप डिलीवरी और सेनिटाइजेशन की कार्रवाई को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जाए हॉट स्पाट क्षेत्रों में इन कार्यवाहियों को सघन रूप से चलाया जाए बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया टेलीमेडिसिन की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है टेलीमेडिसिन के माध्यम से सलाह के लिए समय विशेष पर उपलब्ध रहने वाले चिकित्सकों के फोन नम्बर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासियों अथवा विदेशी व्यक्तियों से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गतिविधियों में सोशल डिस्टंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए मण्डियों में नोडल अधिकारी तैनात कर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करायी जाए साथ ही किसानों को कृषि निवेशों जैसे खाद बीज की समस्या न हो पीलीभीत जिला अब कोरोना के प्रभाव से मुक्त हो गया है

सउदी अरब से वापस आये माँ बेटे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जिन्हें अस्पताल के कोरोना वार्ड में रखा गया था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन की इस सराहनीय काम के लिये प्रशंसा की है सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान अंतराज्य और किसी राज्य के भीतर सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ आने जाने की अनुमति है सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशा के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि देश के कुछ भागों में लागों और सेवाओं के लिए दी गई रियायतों संबंधो दिशा निर्देशों आर स्पष्टीकरणों का लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह पालन कराया जाये ग्रह मंत्रालय ने कहा कि रेलवे हवाई अड्डों बंदरगाहों सीमाशुल्क अधिकारियों को भी अपने स्टॉफ और अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए पास जारी करने के अधिकार पहले ही दिए जा चुके हैं गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष नागरिक उड्डयन उपभोक्ता मामले तथा रेल मंत्रालय के अधिकारी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं को राज्यों के भीतर और बाहर लाने ले जाने पर किसी तरह की रोक नहीं है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

परिषद देश के सभी भागों में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की सुविधाएं तेजी से बढा रही है

सभी पात्र निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से आवेदन आमंत्रित करना भी इस योजना का हिस्सा है

इन केन्द्रों को संबंधित क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों का मार्गदर्शन करने और अत्याधुनिक मौलिक्युलर वायरोलॉजी सुविधा विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है

उन्होंने कहा कि कृषक उत्पाद संगठनों के माध्यम से इस बात के प्रयास किए जाएं कि किसानों की फसलें उनके खेतों या गांव से खरीदी जा सके उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाए जिससे उनकी पढ़ाई में लॉक डाउन की बजह से व्यवधान न आए मुख्यमंत्री ने किसी भी धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सार्वजनिक स्तर पर आयोजित न करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने लोगों से वैशाखी और अंबेडकर जयंती अपने घरों पर ही रहकर मनाने की अपील की और कहा कि कि भीड़ भाड़ से बचा जाए

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैसाखी के पर्व पर प्रदेशवासियों को श्रभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बैसाखी हमारी गौरवशाली परम्परा और समृद्ध विरासत का प्रतीक है नई फसल के कटने से जुड़ा यह त्यौहार हमारे देश की कृषक परम्पराओं और संस्कृति का भी परिचायक है राष्ट्र आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को नमन कर रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देश के लिये बलिदान हुए सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है सरकार देशभर के छह हजार तीन सौ प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों में सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडावियां ने कहा कि मौजूदा कोरोना संकट से निपटने के लिए जन औषधि केन्द्रों के दवा गोदामों में दिन रात काम चल रहा है लॉकडाउन के दौरान इन केन्द्रों के फार्मासिस्ट आम लोगों को सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी अपने नजदीकी जन औषधि केन्द्र और उसमें दवा की उपलब्धता तथा कीमत की जानकारी ले सकते हैं